मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा समारोह में राष्ट्रगीत और मध्यप्रदेश गान के बाद प्रदेश के विकास में जन जन के योगदान की शपथ दिलाई जाएगी स्थापना दिवस के मौके पर कल प्रदेश के सभी मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर लाइटिंग की जायेगी राज्य स्तरीय समारोह का मुख्यमंत्री कमलनाथ शाम को लालपरेड ग्राउण्ड पर शुभारंभ करेंगे जिला स्तर पर भी स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

इसके माध्यम से पर्यटक राज्य की विरासत इतिहास संस्कृति और परम्पराओं के बारे में जान सकेंगे

इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अपने संबोधन में भारत की एकता के लिए सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरदार पटेल का स्मरण करते हुये कहा कि स्वतंत्रता के संघर्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पटेल जयंती के मौके पर विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में केन्द्रीय मंत्री सांसद विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना में केन्द्रीय मंत्री थांवरचंद गेहलोत उज्जैन और केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बालाघाट में राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए संकल्प दिवस पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पूण्यतिथि आज राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बना और हर क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छुआ श्रीमती गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा मिली और भारत परमाणु शक्ति बना राजधानी के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किये गये

थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने इसका उद्घाटन किया

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान में दस सदस्य देश हैं यह संगठन क्षेत्र में राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन और चार नवम्बर को इस सम्मेलन में शामिल होंगे इस बार सम्मेलन की थीम है सतत विकास में सहयोग बढ़ाना प्रसार भारती प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पति ने जम्मू कश्मीर और लेह में रेडियो स्टेशनों का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो लेह करने की घोषणा की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रसार भारती सचिवालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लदाख में रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया है यह परिवर्तन आज से लागू हो गया है

इस कोष के जरिए प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद दी जायेगी यह फैसला आज मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में लिया गया बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि मंत्री परिषद में शामिल सभी मंत्री अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए एक एक माह का वेतन देंगे बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के संशोधनों को भी मंजूरी दी गई इस संशोधन के फलस्वरूप शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञों चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा

मंत्री परिषद की बैठक में मैग्नीफिसिंयेंट एमपी समिट और झाबुआ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी

मुरैना के सांसद केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस गांव को गोद लेने की घोषण की उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जायेगा

इस फोरम में बिजनेस लीडर्स के बीच बातचीत होगी और बिजनेस लीडर अवॉर्ड दिया जायेगा इस फोरम का नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात के अलावा पूरे विश्व में फैला हुआ है

छठ पूजा आज नहाये खाये के साथ सूर्य की आराधना का चार दिवसीय पर्व छठ पूजा आज प्रारंभ हो गया कल व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगे और शाम को खरना के बाद फिर अगले दिन तक व्रत करेंगे तीसरे और चौथे दिन सूर्यास्त और सूर्यादय के समय भगवान भास्कर को अर्घ्य देते है प्रदेश में रहने वाले भोजपुरी समाज के लोगों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है भोपाल में भोजपुरी एकता मंच ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शीतलदास की बगिया वर्धमान पार्क सहित अन्य घाट पर सफाई अभियान चलाया इसमें विभिन्न धर्मो के प्रतिनिधि शामिल हुये मुक्केबाजी भारत के शिव थापा और पूजा रानी ने जापान के तोक्यो में मुक्केबाजी ओलिंपिक टेस्ट इवेंट का स्वर्ण पदक जीत लिया है वहीं आशीष को रजत पदक मिला

उन्हें मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने शपथ दिलाई